विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के माध्यम से स्वां में अवैध खनन का मामला उठाया अग्निहोत्री ने कहा कि स्वां नदी में अवैध खनन को लेकर अराजकता फैल गई है और खनन का कोई अनुशासन नहीं रह गया है

बिक्रम ठाकुर ने माना कि स्वां में अवैध खनन हो रहा है लेकिन ये बीते दो सालों से ही नहीं हो रहा है और ये समस्या पिछले कई वर्षो से बनी हुई है इस मुद्दे पर मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा शोरगुल करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यदि विपक्ष चाहता है तो सरकार नूरपुर की तर्ज पर स्वां नदी में अवैध खनन रोकने के लिए बटालियन लगाने को तैयार है

मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स के आधार पर भर्तियां करने पर पुनर्विचार करेगी उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियों में काफी खामियां पाई गई हैं विधायक रामलाल ठाकुर और राकेश सिंघा द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है

इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को आउटसोर्स भर्तियों पर तुरंत रोक लगाने का सुझाव दिया विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक पानी सबका मौलिक अधिकार है और सरकार को सभी लोगों को पानी उपलब्ध करवाना ही होगा इस संबंध में विधायक मोहन लाल ब्राकटा और सुखराम चौधरी ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे

जयराम वॉकआउट कांग्रेस द्वारा सदन से वॉकआउट करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वां नदी में अवैध खनन के सवाल पर उद्योग मंत्री ने सही जानकारी दी है उन्होंने कांग्रेस पर अडियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि स्वां नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में विधायक नरेंद्र बरागटा द्वारा प्रदेश में पर्यटन नीति को और दिशा देने पर पुनः संवीक्षा को लेकर निजी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प के जवाब में ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का मामला अंतिम चरण में हैं और इस प्रक्रिया को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि इसी तरह शिमला के संजौली में निर्माणाधीन हैलीपोर्ट भी अगले साल मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा वहीं रोहतांग सुरंग का अगले वर्ष मई में लोकार्पण कर दिया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कीरतपुर नेरचौक फोर लेन मार्ग का निर्माण अगले डेढ़ वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उड़ान तीन योजना के तहत प्रदेश में तीन नए रूटों पर हैली टैक्सी चलाई जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को ग्रामीण स्तर तक ले जाना होगा और इको टूरिज्म और होम स्टे को बढ़ाना होगा बाद में मुख्यमंत्री के जवाब से संतृष्ट नरेंद्र बरागटा ने अपना संकल्प वापिस ले लिया

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य इलाकों में वर्षा से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है लाहौल स्पिति जिले में सुबह से ही हिमपात हो रहा है जिससे कई अंदरूनी सड़कें अवरूद्व हैं और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर सहित खजियार में हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा का कम जारी है कुल्लू और किन्नौर जिले के उंचाई वाले इलाकों में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और उपायुक्त गोपाल चंद ने लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है इधर शिमला के साथ लगते प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कफरी फागू व नारकंडा में हल्का हिमपात हुआ है जिससे ऊपरी क्षेत्रों के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है

कैबिनेट प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेशों में होने वाली आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वालों के आश्रितों को करूणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी देगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज धर्मशाला के तपोवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने सुलह में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने धर्मशाला स्थित पूर्व सैनिक कल्याण भवन को भारतीय पूर्व सैनिक लिग को लीज पर देने पर भी मुहर लगाई

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केंद्र सरकार से हिमाचल को उठाऊ पेयजल योजना व सिंचाई योजनाओं सहित तालाबों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि देने का आग्रह किया है लोकसभा में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से जलस्रोत व नदी नालों के जलस्तर में कमी आती है